मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अस्पताल संचालकों और विकित्सा विशेषज्ञों के साथ कल हुई बैठक में इस आशय के निर्देश दिए थे स्वास्थ्य विमाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में मॉडरेट स्थिति वाले मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन छह हजार दो सौ रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है इसमें सर्पोर्टिव केयर आइसोलेशन बेड के साथ आक्सीजन और पीपीई किट का खर्च शामिल है वहीं गंभीर स्थिति वाले मरीजों के उपचार के लिए रोजाना बारह हजार रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है इसमें बगैर वेंटिलेटर के आईसीयू सुविधा शामिल है इसके अलावा अति गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन सत्रह हजार रूपए की दर निर्घारित की गई है जिसमें वेंटिलेटर के साथ आईसीयू सुविधा उपलब्ध रहेगी निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज में होने वाला खर्च मरीज को स्वयं वहन करना होगा वहीं प्रदेश के निजी अस्पतालों में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों के लिए बीस प्रतिशत बिस्तर आरक्षित रखने के निर्देश जारी किए गए हैं यह आरक्षण निजी अस्पतालों के कोविड उपचार यूनिट के जनरल वार्ड ऑक्सीजन सहित एचडीयू बेड वेंटीलेटर सहित आईसीयू और बिना वेंटीलेटर के आईसीयू में लागू होगा इस बीच रायपुर स्थित शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय को अस्थायी कोविड केयर सेंटर के रूप में अधिग्रहित किया गया है वहीं रायपुर के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम को भी कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है कोरोना विधायक कोष राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए विधायक कोष का भी इस्तेमाल किया जाएगा राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति आईसीयू बिस्तर और वेंटीलेटरों की उपलब्यता बढाने के लिए औद्योगिक घरानों की भी मदद ली जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार अस्पतालों में आवश्यक सुविधाए बढ़ाने के साथ ही कोरोना जांच की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही है

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के चार और जिलों में आरटी पीसीआर टेस्ट की सुविधा शुरू की जा रही है

इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है

विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर कोरोना समाचार इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर चार लाख तैंतालीस हजार से अधिक हो गई है इनमें से तीन लाख अड़तालीस हजार से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं वर्तमान में नब्बे हजार दो सौ सतहत्तर मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है कल प्रदेश में दस हजार पांच सौ इक्कीस कोरोना संक्रमित नये मरीजों की पहचान की गई कल कोरोना संक्रमण से बयासी लोगों की मृत्यु भी हुई प्रदेश में कोरोना से अब तक चार हजार आठ सौ निन्यानवे लोगों की मौत हो चुकी है इस बीच खबर मिली है कि राज्य शासन के चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष सीके खेतान के साथ ही सामान्य प्रशासन विमाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह स्कूल शिक्षा संचालक जितेन्द्र शुक्ला और छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास बोर्ड के प्रबंध संचालक राजेश राणा भी पॉजीटिव पाए गए हैं वहीं त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस के भतीजे की पत्नी पूर्णिमा बैस का आज कोरोना संक्रमण से निधन हो गया इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि राज्य सरकार को जिलावार चिकित्सा दल की नियुक्ति करनी चाहिए डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति के साथ ही निजी अस्पतालों में आधे बिस्तर आरक्षित किए जाने चाहिए श्री कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के छात्रावासों सामुदायिक भवनों को अधिग्रहित करके वहां अस्थायी अस्पताल शुरू करे इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से कोरोना से बचाव संबंधी नियमों का पालन करने की अपील भी की है लॉकडाउन प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के बीस जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है धमतरी और कोरबा जिले में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है वहीं सरगुजा सूरजपुर गरियाबंद और जांजगीर चांपा जिले में कल तेईस अप्रैल से लॉकडाउन लागू होगा इसी तरह बिलासपुर बलरामपुर और महासमुंद जिले में चौदह अप्रैल से लॉकडाउन लगाया जाएगा लॉकडाउन अवधि के दौरान धमतरी जिले की चौंतीस उचित मूल्य की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक खुली रहेंगी इसके लिए पुलिस बल तैनात किया गया है गुह मंत्री कोरोना समीक्षा गृह मंत्री और बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बिलासपुर जिले में कोविड नाइंटीन की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने जिले के सभी विकासखंडों में कोविड देखभाल केन्द्र की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि इन केन्द्रो में ऐसे मरीजों को रखे जाए जो पॉजीटिव तो है लेकिन उनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं श्री साहू ने गरियाबंद जिले में कल से तेईस अप्रैल तक लगने वाले लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं श्री साहू ने कल रायपुर स्थित अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की बैठक में उन्होंने जिले में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने और आईसीयू बेड तथा वेंटीलेटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गृह मंत्री ने ब्लॉक मुख्यालय में क्वारेंटाइन सेंटर बनाकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रेकिंग करने और उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए कहा श्री साहू ने जिले में पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से कोरोना टीका लगवाने की अपील की साथ ही अधिकारियों को विभिन्न संचार माध्यमों से कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा इधर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने भी प्रदेश के नागरिकों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण के बचने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें उन्होंने कहा कि लोग मास्क पहनें सेनेटाईजर का उपयोग करें हाथों को साबुन से बार बार धोयें और बुजुर्गों तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखें स्कूली बच्चे सूखा राशन प्रदेश के सभी स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत चालीस दिनों का सूखा अनाज दिया जाएगा इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जिला शिक्षा अधिकारियों को सुखा अनाज वितरित करने के निर्देश दिए हैं डॉक्टर टेकाम ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते इस समय प्रदेश के स्कूल बंद हैं इस वजह से एक मार्च से तीस अप्रैल तक कुल चालीस शालेय दिनों का सूखा अनाज बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में वितरित किया जाएगा इसका वितरण सुविधानुसार स्कूल में अथवा बच्चों के घर जाकर देने के निर्देश दिए गए हैं अनाज वितरण के दौरान बच्चों या पालकों के मध्य सामाजिक दूरी बनाए रखी जाएगी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड महामारी के मामलों में अचानक तेज बढोतरी दिखाई दी है और कोविड रोगियों के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग भी बड़ी तेजी से बढ़ी है मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में इसकी मांग में और तेजी आ सकती है मंत्रालय ने कहा है कि रेमडेसिविर के सभी घरेलू निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइट पर इस दवा के भंडारण और वितरकों का ब्योरा दें ताकि इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके मंत्रालय ने कहा है कि औषधि निरीक्षक और अन्य अधिकारियों को स्टॉक का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं उन्हें घांधली और गलत तौर तरीकों पर नजर रखने तथा जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने को भी कहा गया है राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में रेमडेसिविर को नैदानिक चिकित्सा में काम आने वाली दवा के रूप में दर्ज किया गया है जिसके बारे में साझा निर्णय लेना आवश्यक है कोरोना टीकाकरण देश में अब तक दस करोड़ पैंतालीस लाख से अधिक कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल उनतीस लाख तैंतीस हजार से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये गए इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान जोरशोर से जारी है अब तक पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के तैंतीस लाख बावन हजार से अधिक लोगों को कोरोना टीका का पहला डोज लगाया जा चुका है इनमें से चौरासी हजार से अधिक लोगों ने कोरोना की दूसरी डोज ले ली है प्रदेशमर में इस आयु वर्ग के अंठावन लाख छियासठ हजार से अधिक लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है इस लक्ष्य के विरूद्व अब तक संतावन प्रतिशत लोगों को पहला डोज दिया जा चुका है इस बीच छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने सभी व्यापारियों और उद्योगपतियों से आग्रह किया है कि वे अपने परिवार और परिचितों में से पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों का टीकाकरण जरूर कराएं साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है

इस पोर्टल में सभी जिलों में संचालित कोविड केयर सेंटरों कोविड अस्पतालों और अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या प्रदर्शित की गई है साथ ही इस पोर्टल में अस्पतालों के बाहर आइसोलेशन बिस्तरों की जानकारी भी दर्शायी गई है इस पोर्टल के जरिये कोई भी मरीज इलाज के लिए जानकारी प्राप्त कर सकता है वहीं रायपुर जिले में होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है कोई भी मरीज सात आठ आठ शून्य एक शून्य शून्य तीन एक तीन तीन एक चार और तीन एक पांच पर फोन करके होम आइसोलेशन से संबंधित जानकारी ले सकता है इधर प्रदेश के श्रम विभाग ने दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ वापस आने वाले श्रमिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया है इस श्रमिक सुविधा केन्द्र का मोबाइल नंबर नौ एक शून्य नौ आठ चार नौ नौ नौ दो है इस नंबर के माध्यम से रेल या बस के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले श्रमिक जानकारी ले सकते हैं कोविड मुख्यमंत्री राहत कोष राज्य सरकार के सभी मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों ने यह निर्णय लिया है कि वे अपने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर सभी विधायक और मंत्रियों ने अपनी ओर से सहायता का फैसला लिया इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्य में कोरोना संक्रमण की रिथति पर मंत्रियों कांग्रेस विधायकों महापौर और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनसे महत्वपूर्ण सुझाव लिए उन्होंने राज्य में कोरोना पर शीघता से नियंत्रण के लिए टेस्टिंग और टीकाकरण के कार्य को तेजी से बढ़ाने सहित मरीजों के बेहतर इलाज सुविधा के लिए विशेष जोर दिया इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों में और तेजी लाने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से अब तक दो सौ बयालीस करोड़ रूपये मंजूर किए जा चुके हैं इस राशि का उपयोग कोविड नमूनों के संकलन स्क्रीनिंग नवीन प्रयोग शालाओं की स्थापना और कोविड अस्पतालों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने भी भिलाई रिसाली और बीरगांव नगर पालिक निगमों में कोरोना संक्रमण मरीजों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक करोड़ रुपये मंजूर किए हैं विद्युत शवदाह गृह प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण हो रही मौतों से मुक्तिधाम में शवों को जलाने में कठिनाइयां हो रही हैं जिसे देखते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने रायपुर दुर्ग बिलासपुर कोरबा भिलाई और रिसाली नगर निगम क्षेत्र में विद्युत शवदाह गृह स्थापित करने के निर्देश दिए हैं इस संबंध में सात दिनों की अनुमति अल्पकालीन निविदा जारी करने के लिए दी गई है इस बीच रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने भी जिले में कोरोना से होने वाली मृत्यु की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में आठ से दस गांवों के बीच पहले से स्थित श्मशान भूमि की पहचान कोरोना श्मशान भूमि के रूप में करने के निर्देश दिए हैं इस श्मशान भूमि पर केवल कोरोना से मृत व्यक्ति का ही अंतिम संस्कार किया जाएगा चैत्र नवरात्र मां दुर्गा की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र कल से शुरू हो रहा है हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अनेक जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है इस कारण मंदिरों में दर्शनार्थियों के प्रवेश की मनाही है राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विघानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने चैत्र नवरात्र बैसाखी गुड़ी पड़वा चेट्रीचंड और नव संवत्सर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने लोगों से घरों में रहकर ही त्यौहार मनाने और कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करने की अपील की है मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की पच्चीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कड़ी होगी लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं फोन लाइन बाईस अप्रैल तक खुली रहेंगी लोग एक नौ दो दो पर भिस्ड कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए भी प्रधानमंत्री तक अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं मुख्यमंत्री मध्यस्थ टीम मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज रायपुर में पिछले दिनों माओवादियों के कब्जे से रिहा हुए कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मन्हास और उन्हें रिहा कराने वाली मध्यस्थ टीम के सदस्यों ने मुलाकात की इस टीम में पद्मश्री धर्मपाल सैनी जयरुद्र करे तेलम बौरैया सुखमती हप्का तथा पत्रकार गणेश मिश्रा और मुकेश चंद्राकर शामिल थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोबरा बटालियन के जवान को रिहा कराने वाली टीम के सदस्यों को बधाई दी उन्होंने कहा कि टीम ने संकट के समय में सूझबूझ का परिचय देते हुए जवान को रिहा कराने में अपनी जिम्मेदारी निभाई मध्यस्थ टीम ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे जवान राकेश्वर सिंह मन्हास को सकुशल पहुंचाने के लिए उनके घर जम्मू जाएंगे संक्षिप्त समाचार दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आठ अप्रैल से बढ़ाकर बीस अप्रैल कर दी है महासमुंद जनपद अध्यक्ष के लिए आज हुए निर्वाचन में बिरकोनी के जनपद सदस्य यतेन्द्र साहू निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं जनपद अध्यक्ष भागीरथी चंद्राकर के निधन के बाद से यह सीट खाली थी बालोद जिले में पदस्थ एक पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उस पर आरोप था कि वह फर्जी लेटर पैड के जरिये आरटीआई कार्यकर्ता बनकर अधिकारियों से घोखाघड़ी करता था सुकमा जिले के मिनपा और बुर्कापाल के बीच सुरक्षा बलों ने आज सड़क निर्माण कार्य के दौरान दस किलो का विस्फोटक बरामद किया जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया जांजगीर चांपा जिले के डमरा गांव में एक युवक ने महिला कमांडो दल की दो महिलाओं पर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे ओडिशा के रेहटीखोल में पुलिस ने एक कार से साठ किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है